उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करने और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सैनेटाईजर से लैस स्वचालित मशीनें स्थापित करने के निर्देश दिए परमार ने कहा कि सत्र के दौरान आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्तियों को ही पास जारी किए जाएंगे और आगन्तुकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत विधानसभा सचिवालय सदन और मुख्य द्वारों को दिन में दो बार सैनिटाईज किया जाएगा परमार ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में ई प्रवेश पत्र ऑनलाईन आवेदन पर ही दिए जाएंगे बैठक में पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण रेंज शिमला हिमांशु मिश्रा विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा उपायुक्त अमित कश्यप सूचना व जनसम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस ब्रेस्कॉन और पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे

नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ईएसआईसी की बैठक में ये निर्णय लिया गया मौजूदा शर्तों में ढील देने और कोविड महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों में भी ढील दी गई है

उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश की बेटियों को इससे प्रेरणा मिलेगी इस दौरान पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू भी मौजूद रहे

वे आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के स्थापना दिवस स्वर्ण जयंति वर्ष के उपलक्ष पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे गोविंद ठाक्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे ताकि वे सहजता से अपना जीवन यापन कर सकें उन्होंने सामूहिक रूप से पौधरोपण करने पर बल दिया और इसमें युवाओं की सहभागिता की जरूरत बताई उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों से परिसर को हरा भरा बनाने का आहवान भी किया नियुक्ति राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एचके चौधरी को हिमाचल प्रदेश चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का कुलपति नियुक्त किया है

ये नियुक्ति उनके कुलपति के पदभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगी रोहतांग टनल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल रोहतांग टनल का अंतिम चरण कार्य इन दिनों जोरों पर है और सिस्सु हैलीपैड में टारिंग का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह में अटल रोहतांग टनल का उदघाटन करेंगे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बीएस नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्य मार्ग से हैलीपैड तक सम्पर्क सड़क को भी दुरूस्त किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस कार्य को इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा पौधरोपण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इन दिनों जंगली फल लगाओ फसलों को बचाओ अभियान शुरू किया गया है इसके तहत प्राधिकरण द्वारा पंचायतों के साथ लगते वन क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों बागवानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके